उन्होंने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया मुख्यमंत्री ने मेधावी छात्रों को स्कूटी का वितरण किया उन्होंने विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया इससे पहले मुख्यमंत्री ने उन्हेल के प्रसिद्ध जैन मंदिर में दर्शन किए

इस राशि का उपयोग भारत में सात सौ विकलांगों को जयपूर फूट लगाकर चलने फिरने योग्य बनाने में किया जाएगा इस समारोह में दिव्यांगों के लिए की गई सेवाओं के लिए भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के संस्थापक और मुख्य संरक्षक डीआर मेहता को सम्मानित किया गया

इस बीच आज राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक उपखंड अधिकारी और तहसीलदार पाली के आलावास आश्रम में पहुंचे तथा अनाथ बच्चियों के बयान लिए ये अधिकारी जांच रिपोर्ट कलेक्टर को देंगे जिस पर कार्रवाई की जाएगी

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से अनुरोध किया है कि वे नरेन्द्र मोदी एप और माई जी ओ वी ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव दे सकते हैं

अधिकरण ने जिला कलेक्टर द्वारा पेश रिपोर्ट को अधूरा बताते हुए संभागीय आयुक्त को पूरे क्षेत्र का दौरा कर रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए इस मामले में अगली सुनवाई पांच जुलाई को होगी तब तक अधिकरण ने किसी भी तरह का पानी नदी में नहीं छोड़ने की हिदायत दी है

यह मिलिट्री स्टेशन केन्द्र सरकार द्वारा चयनित उन आठ प्रमुख क्षेत्रों में शामिल है जिसके विकास के लिए विस्तुत कार्ययोजना बनाई गई है रक्षा प्रवक्ता कर्नल मनीष ओझा ने बताया कि इस मिलिट्री स्टेशन का व्यवस्थित विकास किया जा रहा है यहां वर्षा जल संचयन केन्द्रीकृत कचरा प्रबन्धन प्रणाली सौर जल हीटर सौर सुरक्षा रोशनी भूमिगत विद्युत केबलिंग एलईडी लाइट्स प्रीपेड बिजली और पानी मीटर समेत अनेक प्रकार की आध्रनिक तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है कर्नल ओझा ने बताया यह विकास स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और पर्यावरण संरक्षण के संतुलन में सहायता करेगा

इस अवसर पर सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा योग शिविर आयोजित किए जाएंगे

योग दिवस के सिलसिले में आकाशवाणी जयपुर के समाचार विभाग की ओर से आज साप्ताहिक कार्यक्रम समाचार तरंग में रात सवा नौ बजे विशेष भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी

पाली जिले की रायपुर ग्राम पंचायत में आज राजस्व अभियान न्याय आपके द्वार के तहत शिविर आयोजित किया गया

जैसलमेर में आज आंधी का दौर थमने के बाद आसमान में बादल छाने और ठंडी हवा चलने से लोगों को राहत मिली है वहीं नागौर में सुबह तेज आंधी के बाद से रूक रूक कर बारिश हो रही है इससे तापमान में भी गिरावट हुई है